पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ कें प्रशासक बी पी सिंह बदनौर ने चंडीगढ़ में जंगली जीवों को बचाने और जंगल छोड़ने की ऑन लाइन निगरानी के लिए मोबाइल एप्प श्रू की

हालांकि वे अंतर्राष्ट्रीय मालवाहन और यात्री उड़ाने जारी रहेंगी जिन्हें सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है नागर विमानन नियामक ने कहा है कि अलग अलग मामले के आधार पर चुनिंदा मार्गो पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अन्मति दी जा सकती है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि प्रगतिशील किसान सम्मान से एक नई योजना की शुरूआत की की जा रही है जिसके तहत कृषि मेंलों में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जायेगा ताकि अन्य किसान उनसे प्रभावित होकर खेती को बेहतर तकनीक अपनाने की ओर बढ़े उन्होंने कहा कि योनजा के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किसान को पांच लाख दवितीय स्थान पर आने वाले दो किसानों को तीन तीन लाख और तृतीय स्थान हासिल करने वाले पांच किसानों को एक एक लख रूपये की नकद राशि प्रदान की जायेगी

श्री दलाल ने बताया कि योजना के तहत मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील किसान प्रशिक्षक के रूप में चिन्हित करना है और एक प्रगतिशील किसान की जिम्मेदारी दी जायेगी कि वो अपने आस पास क कम से कम दस किसानों को प्ररेणा दे कि किस प्रकार से कृषि एंव इससे जुड़े पशुपालन व डेयरी बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर तकनीक अपनाकर वे अपनी आय के स्त्रोत बढ़ा सकते है

सब्जी व बागवानी फस्लों को भी प्रधानमंत्री बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार अपने स्तर पर बीमा रक्षण देगी इसके लिए योजना तैयार की गई है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हये कहा कि उनकी पार्टी और सरकार की पूरी संवदेना पीडि़त परिवार के साथ है श्री धनखड़ ने आज रोहतक में कहा कि निकिता को जबतक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे उन्होंने कहा कि म्ख्य आरोपी के परिवार का सम्बध कांग्रेस पार्टी से है इसलिए सभी कांग्रेसी अब च्प बैठे है उन्होंने बरोदा उपच्नाव में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की जीत का दावा भी किया श्री धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने विश्वभर में बरोदा को पहचान दिलाई है

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस आश्य के एक प्रसताव को मंजूरी दे दी है इस अग्रिम राशि का भ्गतान नवम्बर महीनें के पहले सप्ताह में किया जायेगा

मास्क और दो गज की दूरी है बहूत जरूरी त्यौहारों के मौसम में ख्द सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने आज पंजाब राजभवन में जंगली जीवों को बचाने सूचना देने और जंगल में छोड़ने की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल आधारित एप्प जारी की है यह मोबाइल एप्प सभी एंडरायड फोन पर काम करेगी श्री बदनौल ने कहा कि यह एप्प मानव आबादी वाले क्षत्रों में दाखिल होने वाले सांपों सहित जंगली जीवों को बचाने सूचना देने और उन्हें वन्य जीव अभ्यारणय चंडीगढ़ में छोड़ने के लिए तैयार की गई है उन्होंने वास्तविक समय में इस एप्प को शहरी क्षेत्रों पार्को शहरी ग्रामीण आबादी वाले संरक्षित वन क्षेत्रों में संकट में फसे एवं जंगली जीवों के प्नर्वास के उद्देश्य से तैयार किया गया है इस एप्प के माध्यम से संकट में फंसे या घायल जंगली जीवों वारे तुरंत सम्बधित अधिकारियों को सूचित किया सकता है केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन देवेन्द्र दलाये ने बताया कि यह जंगली जीवों को बचाने के लिए यह ई स्शासन की ओर से एक कदम है और प्रौद्योगिकी का पूर्ण इस्तेमाल है जहां इसे प्रयोग करने वाले कोअब विभाग के होटलाइन नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं होगी

आज यम्नानगर फरीदबाद और सिरसा में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

पश् चिकित्सा विभाग के उप निदेशक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बारे में विषाक्त होने के मामला लग रहा है जांच क लिए गायों को दिये गये चारे के नमूने लिए गये है प्लिस फलैग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद प्लिस ने प्लिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

जींद जिले के नागरिक अस्पताल को प्रदेश मुख्यालय से मरीज़ों को आक्सीजन देने के लिए अत्याधिक नवीतम तकनीक से युक्त मशीनें मिली है उप सिविल सर्जन डॉ गोपाल गोयल ने बताया कि यह नवीनतम मशीने हवा से ही आक्सीजन बनाने में सक्षम है इन अत्याध्निक मशीनों मे आक्सीजन के साथ साथ पल्स की दर भी प्रदर्शित होगी जिससे रोगियों के साथ साथ चिकित्सकों को भी आसानी होगी उन्होंने बताया कि अस्प्ताल प्रशासन में आंरभ में इसे कोरोना वार्ड में लगाया है

राज्य सर्तकता ब्यूरों हरियाणा ने पंचकूला से इस अभियान की श्रूआत की है ब्यूरो ने प्रदेश की जनता से इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की है